प्रदेश का आगामी वित्तीय वर्ष का बजट कल पेश किया जाएगा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ने की नई बिजली दरों की घोषणा

बजट सत्र उत्तराखण्ड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा

इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हई

समाचार लिखे जाने तक विधानसभा की कार्यवाही जारी थी सत्र शुरू होने से पहले आज कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों ने विधान भवन के बाहर स्थाई राजधानी गैरसैंण को लेकर अलग अलग विरोध प्रदर्शन किया गैरसैंण दिवालीखाल तथा कई अन्य स्थानों पर भी विभिन्न संगठनों द्वारा स्थाई राजधानी की मांग को लेकर दिन भर धरना चलता रहा

विधानभवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्री प्रकाश पंत कल शाम चार बजे बजट पेश करेंगे

पत्रकार वार्ता मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गैरसैंण को लेकर कांग्रेसी सदस्यों का नारे लगाना नाटकबाजी करार दिया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान खूद इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया गैरसैंण में पत्रकारों से बातीचत में श्री रावत ने कहा कि जब कांग्रेस दस साल तक सत्ता में थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया और अब गैरसैण के नाम पर नाटकबाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कांग्रेस को गैरसैंण के नाम पर यह नाटक करने कोई अधिकार नहीं है विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण में पहली बार राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है और राज्यपाल का पूरा अभिभाषण निर्बाध रूप से चलता रहा

राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है राज्य की विद्युत कंपनियों के टैरिफ प्रस्ताव पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अपना फैसला सुना दिया है

यूपीसीएल यूजेवीएनएल पिटकल और एसएलडीसी ने वितरण उत्पादन और पारेषण का टैरिफ प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया था

आयोग इस प्रस्ताव पर जन सुनवाई कर सुझाव आमंत्रित कर चुका है बिजली की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर ऊर्जा निगमों की राय भी ली गई इसके बाद आयोग ने नई दरों की घोषणा की

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दायर एक अर्जी में जन प्रतिनिधित्व कानून के एक प्रावधान का हवाला देकर कहा है कि ऐसे मामलों का निपटारा छह महीने के भीतर कर दिया जाना चाहिए

गौरतलब है कि देहरादून में विकासनगर डोईवाला राजपुर रोड रायपुर मसूरी विधानसभा क्षेत्रों हरिद्वार के भेल रानीपुर और हरिद्वार ग्रामीण तथा टिहरी की प्रतापनगर सीट पर ईवीएम से छेडछाड की शिकायत दर्ज की गई थी

इन परिवारों को द्ग नाकरी के फल्टनियां में बसाने की संभावाओं को तलाशा जा रहा है उम्मीद है कि एक से सवा नाली भूमि हर परिवार को आवंटित की जाएगी ग्रामीणों की सहमति लेने एक टीम कुंवारी रवाना हो गई है

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास दृष्टिकोण के अनुरूप दिव्यांगों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है मौसम मौसम के एक बार फिर से करवट बदलने के चलते प्रदेश में ठण्ड वापस लौट आई है आज सुबह से ही गढ़वाल के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने के कारण पर्वतीय इलाकों में ठण्डक बढ़ गई है जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी बढ़ रही गर्मी से राहत मिली है

पौड़ी चमोली टिहरी रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में भी बारिश होने की सूचना प्राप्त हुई है इस दौरान कई स्थानों में ओलावृष्टि भी हुई

नैनीताल बागेश्वर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में दोपहर के समय बारिश हुई

विभाग का मानना है कि कल राज्य के कुछ स्थानों में आमतौर पर बादल छाए रहेंग इस दौरान इन स्थानों में हल्की बारिश भी हो सकती है घटना राजाजी टाइगर रिजर्व में एक ट्रेन की चपेट में आने से एक हथिनी की मृत्यु हो गयी रिजर्व में पिछले एक महीने में इस तरह की यह दूसरी घटना है राजाजी टाइगर रिजर्व की वरिष्ठ पश् चिकित्सक अदिति शर्मा ने बताया कि मोतीचूर कांसरो रेंज के बीच जामुन खत्ता वन कक्ष के पास से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर कल सुबह पौने पांच बजे के करीब नन्दा देवी वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ी से टकरा कर हथिनी की मृत्यु हो गयी

रिजर्व के उच्चाधिकारी दुर्घटना की जाँच कर रहे हैं जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी

इसके तहत वानिकी स्टॉल चौपाल और फोटो प्रदर्शनी के द्वारा लोगों को वनों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई इस मौके पर मशरूम की खेती रेशम कीट को बढ़ाने वाला उत्पाद जैविक कीटनाशी उत्पाद के अलावा औषधीय और सगंध पौधों की खेती के स्टॉल लगाये गये

इसके तहत प्रदर्शनियों और नई तकनीक के माध्यम से लोगों की आजीवका को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है उन्होंने बताया कि वानिकी दिवस के अवसर पर आज संस्थान में वानिकी चौपाल लगाई गई जिसके जरिए वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने आम आदमी को वानिकी के बारे में जानकारी दी सहमति पत्र कृषि मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं इसका उद्देश्य कृशलता प्राप्त और प्रमाणित कार्यबल ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए लाभपूर्ण मजदूरी और स्वरोजगार सुनिश्चित करना है इस अवसर पर क्रेषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि इस समझौते के तहत उत्पादन केन्द्रित और आवश्यकता आधारित कम और लम्बी अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश के लगभग सभी जिलों में उपलब्ध कराए जाएंगे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि उनका मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को बाजार से जुड़े कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाये व्यवस्था अल्मोड़ा में भवनों के नक्शे स्वीकृत कराने के लिये सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गयी है इस संबंध में जिले के सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यवसायिक भवनों का चिन्हीकरण यथाशीघ्र कर लें

जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी समस्यायें नक्शे पास कराने में हो रही हैं उन्हें अगली बैठक में प्राधिकरण के सामने रखा जाएगा